हरियाणा में निजी क्षेत्र के चिकित्सकों को भी उत्तम गुणवत्ता के पीपीई किट मास्क और हैंड सैनेटाइज़र सरकारी दरों पर उपलब्ध करवाये जायेंगे

केन्द्र ने ज़ोर देकर कहा है कि ग़हमंत्रालय दवारा जारी किये गये तालाबंदी सम्बधी दिशानिर्देशों को राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेश और भी हल्का नहीं कर सकते है राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि आंकलन के आधार पर राज्य व केन्द्र शासित प्रदेश अपने स्तर पर विभिन्न क्षेत्रो में क्छ और भी गतिविधियों पर रोक लगा सकते है या जरूरत के आधार पर अन्य प्रतिबंध लगा सकते है श्री भल्ला ने आदेश दिये कि नये निर्देशों की सभी एथारिटीज व दायरों को संख्ती से पालना करना होगा

प्रयोगशाला में पोजिटिव पाये गये मामलों के सम्पर्क में आये लक्ष्ण वाले व्यक्तियों की जांच करना भी जरूरी होगा

इसके अलावा स्वास नली के ज्यादा संक्रमण के मामलों में भी ये जांच जरूरी होगी इसके साथ ही पोजिटिव मामलों के सीधे सम्पर्क में आये बिना किसी लक्ष्ण वाले व्यक्तियों की भी पांचवे व दस दिनों के बीच एक बार जांच करना जरूरी होगा

ये निर्णय आज चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई सभी जिलों के भारतीय चिकित्सा संध के पदाधिकारियों तथा सिविल सर्जन के साथ वीडियो कांफ्रेंसिग की बैठक में लिया गया

कोरोना के उपरान्त राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं जन स्वास्थ्य और रोग अनुसंधान इत्यादि में निवेश को बढ़ाया जायेगा

उन्होंने डाक्टर्स को निर्देश दिये है वो किसी मरीज की हिस्टरी लेते समय उसे इस एप्प को डानलोड करने की जानकारी भी लें

श्री नड्डा ने अपने टवीट में कहा कि लोकतंत्र में यह बर्दाशत नहीं किया जा सकता बीजेपी प्रत्येक कार्यकर्ता और समर्थक के साथ खड़ी है

हमारे संवाददाता ने बताया कि आज कोरोना पोजिटिव मामलों में तीन संक्रमित व्यक्ति एक ही परिवार से तथा दो अन्य परिवार से है

आज जगाधरी यमुनानगर जठलाना के राहत शिविरों से डेढ़ हजार से ज्यादा श्रमिकों को आज फिर मेडिकल जांच के बाद उत्तरप्रदेश के पिलखनी के लिए रवाना किया गया है इसमें कल उत्तरप्रदेश की सीमा से लौटाये गये प्रवासी श्रमिकों भी शामिल है

नोडल अधिकारी सुनीता शाका ने बताया कि जिले से अबतक आठ हजार श्रमिकों को बस व श्रमिक रेलगाड़ी के माध्य से निशुल्क उनके घरों तक भेजा गया है

जाने से पहले उन्हें मास्क सैनेटाइज़र व भोजन भी उपलब्ध कराया गया

बोर्ड ने छात्रों को परीक्षा के दौरान पालन करने वाले नियम भी जारी किये है जिसमें शारीरिक दूरी रखना सैनेटाइज़र लेकर आना व मास्क पहनना अनिवार्य है

जम्मू कशमीर के डोडा क्षेत्र में आंतवादियों के साथ मुकाबले में शहीद हये हरियाणा के सोहाना कस्बे के दमदमा गांव के निवासी लांस नायक राजसिंह का प्रे सैनिक सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया शही की पार्थिव देह गांव पहंचने पर भाजपा सांसद सुखबीर जैनप्रिया एसडीएम चिनार चहल और सोहाना के विधायक संजय सिंह ने उन्हें पुष्पाजलि अर्पित कर नमन किया सेना की ट्रकड़ी ने शहीद को अपने शस्त्र उल्टे कर सलामी दी और सैनिक अधिकारियों दवारा पृष्प च्रक अर्पित कर सम्मान किया गया

सरकारी प्रवक्ता ने ये जानकारी देते हये चंडीगढ़ में बताया कि मुख्यमंत्री ने इस प्रसताव को स्वीकृति दे दी है प्रवक्ता ने बताया कि प्रशासकीय कार्य के लिए स्कूल प्रम्ख एक कर्ल्क एक कम्प्यूटर आपरेटर एक चौथा दर्जा कर्मचारी ही जा सकेंगे